अब तक लगभग दो लाख बाईस हजार मरीज हुए स्वस्थ और प्रदेश भर में मौसम के मिजाज में तेजी से आ रहा है बदलाव

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

सत्रहवीं विधानसभा के गठन के बाद इसकी पहली बैठक तेईस नवम्बर से शुरू हो रही है ये बैठक विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित की जायेगी पांच दिवसीय इस सत्र में तेईस और चौबीस नवम्बर को प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलायेंगे पच्चीस नवम्बर को विधानसभा के नये अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा इसी दिन नयी सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी राज्यपाल फागू चौहान छब्बीस नवम्बर को विधान मंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे सत्ताईस नवम्बर को विधानसभा और विधान परिषद की बैठकों में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा संसदीय कार्य विभाग ने सत्रहवीं विधानसभा के औपबंधिक कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को विधान परिषद की आचार समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है वहीं पूर्व जल संसाधन मंत्री संजय झा को याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस संबंध में अपनी सहमति दे दी है राज्य सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों ने अपने अपने विभागों में पदभार ग्रहण करने के बाद काम काज की शुरूआत कर दी है इन मंत्रियों ने बिहार के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है पदभार ग्रहण के बाद उपमुख्यमंत्री और पंचायती राज विभाग की मंत्री रेणु देवी ने कहा कि नल जल समेत विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा छठ बाद की जायेगी उन्होंने कहा कि योजनाओं को लाभकारी बनाने का हरसंभव प्रयास किया जायेगा ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है और इसके लिए अलग से बिजली के फीडर लगाये जायेंगे कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि सरकार युवाओं और कलाकारों का मान बढ़ायेगी और प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जायेगा गन्ना उद्योग मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा है कि चीनी मिलों की समस्याओं को दूर किया जायेगा राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि जमीन संबंधित कामों का निर्धारित समय में निपटारा किया जायेगा लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि जल जीवन हरियाली मिशन के कामों में तेजी लायी जायेगी लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना का अनुष्ठान किया जा रहा है शाम को व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और शनिवार की सुबह उगते हुये सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ छठ महापर्व सम्पन्न होगा प्रदेश में विभिन्न नदी पोखर और तालाबों में छठ घाटों के सौंर्दयीकरण तथा उन्हें सुरक्षित बनाने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है प्रदेश में कोरोना के असर को देखते हुए इस बार घाटों की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है और अर्घ्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने की पूरी व्यवस्था की गयी है विशेष सतर्कता को लेकर पटना औरंगाबाद दरभंगा और वैशाली समेत बारह जिलों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गयी है प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को घाट पर नहीं ले जाने का निर्देश दिया है इधर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाये रखने का निर्देश भी दिया जिला प्रशासन ने छठ को लेकर नियंत्रण कक्ष बनाया है जिले में ढाई हजार जवानों को सुरक्षा की कमॉन सौपी गयी है और पांच अस्थायी थाने बनाये गये हैं छठ को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है छठ के प्रजन सामग्री मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी की खुब बिक्री हो रही है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है सुबह से ही छठ घाटों पर व्रतियों की भीड़ देखी जा रही है छठ के गीतों से वातावरण गुंजायमान है होल्ड छठ गीत छठ महापर्व के अवसर पर होने वाली अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने आज से तीस नवम्बर तक पटना से दरभंगा और सहरसा के लिए विशेष मेमू सवारी गाड़ियाँ चलाने का निर्णय लिया है पटना दरभंगा के बीच सवारी गाड़ी प्रतिदिन सुबह सात बजे पटना से खुलेगी यह ट्रेन पाटलिपुत्र सोनपुर हाजीपुर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर होकर दोपहर डेढ़ बजे दरभंगा पहुँचेगी पुनः दरभंगा से यह ट्रेन दोपहर तीन बजे खुलेगी और रात्रि साढ़े नौ बजे पटना पहुंचेगी इसके अलावा पूर्व मध्य रेलवे कई अन्य ट्रेनों का परिचालन कर रहा है रेलवे ने स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी है नशाख़रानी गिरोहों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है स्टेशनों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंक की जा रही है उधर पटना हवाई अड्डे पर पहुंच रहे यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं

राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर संतानवे प्रतिशत हो गयी है अब तक लगभग दो लाख बाईस हजार मरीज स्वस्थ हुए हैं वहीं बारह सौ एक लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है इधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटो के दौरान कोविड संक्रमण के सात सौ चौंतीस नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक दो सौ पचासी नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई हैं वहीं पूर्णिया में उनतालीस वैशाली में चौंतीस मुजफ्फरपुर में तैंतीस बेगूसराय और मधुबनी से बीस बीस और गया और सहरसा में अठारह अठारह नये मामलों की पुष्टि हुई है राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोनपुर में लगने वाले मेले को स्थगित कर दिया है देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव पांच दो प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौबालीस हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक तिरासी लाख पैंतीस हजार रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं वर्तमान में करीब चार लाख छियालीस हजार लोगों का इलाज चल रहाहै पिछले चौबीस घंटों के दौरान अड़तीस हजार छह सौ सत्रह लोगों में संक्रमण की पूष्टि हुई मृत्युदर एक दशमलव चार सात प्रतिशत है जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना से चार सौ चौहत्तर लोगों की मौत हुई इसके साथ ही मृतकों की संख्या एक लाख तीस हजार नौ से तिरानवे हो गई है वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढते मामलों से अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं हो रही हैं डॉक्टर सैनी ने कहा कि कोविड उन्नीस से सभी आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं

जैसे जैसे कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं आलमोस्ट एक साल हो गया कोरोना को आए हुए अब भी हमें इसके बारे में नई नई चीजें मालूम चल रही हैं हमें तो क्लिनिकल सिस्टम में हमने देखा कि ज्यादातर अमूमन जितने बुखार होते हैं दर्द होती है

स्वाद का पता न लगना डिप्रेशन एनजायटी तो ये देखा गया है और बच्चों में खासतौर पर देखा गया लेकिन मैं कहूंगा कि बड़ॉ में भी यह देखे जा रहे हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्षयरोग उन्मूलन के लिए जनआंदोलन चलाने की आवश्यकता पर बल दिया है उन्होंने इसके लिए कार्यनीतिक परामर्श वैचारिक नेतृत्व और सुदृढ़ सामाजिक तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता पर बल दिया डॉक्टर हर्षवर्धन नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से क्षयरोग उन्मूलन भागीदारी बोर्ड की तैंतीसवीं बैठक को संबोधित कर रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान पर प्रकाश डाला जिसका उद्देश्य स्थाई विकास लक्ष्यों के तहत दो हजार पच्चीस तक क्षयरोग को समाप्त करना है आज विश्व शौचालय दिवस है यह दिन लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने और शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय का पेय जल और स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत लोगों में सुरक्षित साफ सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व शौचालय दिवस मनायेगा इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सर्वोच्च जिलों और राज्यों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव आ रहा है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक चंदन कुमार ने बताया कि अगले दो दिनों में ध्रंध बढ़ने के साथ तापमान में भी गिरावट आ सकती है

इसके साथ ही कोरोना से जुड़ी सावधानी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक हिन्दुस्तान ने नवनियुक्त मंत्रियों की संपत्ति से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है बिहार के नये मंत्रियों में तिरानवे प्रतिशत करोड़पति हिन्द्रस्तान की एक अन्य सुर्खी है कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने इस्तीफा भेजा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने की इस्तीफे की पेशकश दैनिक जागरण ने संविदा पर नियुक्ति से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी सभी विभागों से मांगा ब्यौरा प्रभात खबर ने मदरसा संस्कृत और अल्संख्यक हाई स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को अपनी सुर्खी बनाया है अखबार ने लिखा है कि इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है दैनिक भास्कर ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को सुर्खी बनाते हुए लिखा है फाइजर की कोरोना वैक्सीन फेज तीन के ट्रायल में पंचानवे प्रतिशत रही असरदार

अब तक लगभग दो लाख बाईस हजार मरीज हुए स्वस्थ और प्रदेश भर में मौसम के मिजाज में तेजी से आ रहा है बदलाव